प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज वि क्ष दवारा सशस्त्र दलों का बार बार अ मान किए जाने की कड़ी आलोचना की अपने संदेश में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने सभी देशवासियों से आग्रह किया कि वे वि क्ष के बयानों र सवाल उठाये प्रधानमंत्री ने कांगेस के विदेश मामलों को देखने वाले सैम पित्रोदा को हैशटैग जनता माफ नहीं करेगी

पित्रोदा ने कहा कि म्म्बई आतंकी हमलों के बाद भारत हवाई हमला कर सकता था लेकिन पित्रोदा के अन्सार ये समस्या का समाधान नहीं है श्री मोदी ने कहा कि इन बयानों से कांग्रेस मान रही है कि वो आंतकी हमलों का जवाबद देने को कतई राज़ी नहीं है उन्होंने कांग्रेस की ओर से शाकिस्तान के राष्ट्र दिवस मनाये जाने के आयोजन र सैम पित्रोदा की कड़ी आलोचना की और कहा कि ये आयोजन भारत के सशरूत्र बलों की निंदा है ़्र्व क्रिकेटर गौतम गंभीर आज भारतीय जनता शार्टी में शामिल हो गये है आज नई दिल्ली में केन्द्रीय मंत्री अरूण जेटली और रविशंकर प्रसाद ने उन्हें भारतीय जनता ार्टी में विधिवत रू से शामिल करवाया इस मौके र गौतम गंभीर ने कहा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और शार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने भारतीय जनता शार्टी में शामिल होने का फैसला किया दिल्ली प्लिस के विशेष सेल ने जैय ए मोहम्मद के आतंकी सज्जाद खान को गिरफ्तार किया है गौरतलब है कि सज्जाद खान प्लवामा हमले के षडयंत्रकर्ता म्ददिस्सर अहमद का सहयोगी था सज्जाद खां को बीती रात लाल किला इलाके से गिरफ्तार कियागया

जम्मू कश्मीर के निवासी सज्जाद खान को लवामा सीआर ीएफ काफिले र ह्ये हमले की पुरी जानकारी थी

ये प्रणाली वर्तमान मे चल रही स्टाम्प प्रणाली की जगह चरण्बद्व तरीके से स्थापित की जायेग इसके अंतर्गत नागरिकों के ास स्वेच्छा से स्टाम् डयूटी का भ्गतान ऑन लाइन करने या अधिकृत संग्रह केन्द्रों दवारा करने का विकल् रहेगा

इसके बाद व्यक्ति के भ्गतान की रसीद भी दी जायेगी जिसे मामले से सम्बधित दस्तावेजों में शामिल करना होगा इस प्रणाली से लोगों को स्टाम्प ऐपर न मिलने और मौजूदा प्रणाली की अन्य कमियों से भी छ्टकारा मिलेगा

तोशाम के सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम प्रदी ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में गांव शिंजोखरा बिडौला खरकड़ी माखवान सरकड़ी सोहान सागवान आलम र कैरू और देवराला स्थित विभिन्न मतदान केन्द्रों को अति संवदेनशील की श्रेणी में रखा गया है

इस मौके र सोनी त के एम एम हिन्दू विद्यापीठ में भी राजकीय स्कूलों के प्राधया कों और म्ख्य अध्या कों का कार्यक्रम आयोजिक किया जिला विधिक सेवायें प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम तैयब हसैन ने सोनी त मे कार्यक्रम को सम्बोधित करते हये कहा कि आज हमें विश्व जल दिवस के उ लक्ष्य में जल बचाओ जीवन बचाओं का संकल् लेकर आगे बढ़ना है इस अभियान मे जन जन की भागीदारी जरूरी है और जागरूक्ता के लिये प्रत्येक व्यक्ति को इस म्हिम में जोडना है श्री तैयब हसैन ने कहा कि शिक्षक का समाज व राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान है सभी को जल संरक्षण व जल प्रद्शण की रोकथाम र काम करने का आहवान किया उन्होंने बतायाकि किस प्रकार प्रत्येक व्यकित की जीवन शैली जल जैसी जीवन दायिनी शक्तियों को खराब करने में लगी हई है और प्रत्येक व्यक्ति दवारा किए जाने वाले प्रयासों के माध्यम से प्रथ्वी प्र जीवन को बनाय रखने व स्वस्थ और स्वच्छ भारत की रिकल ना र ज़ोर दिया उन्होंने बताया कि इसके लिये हमारा र्यावरण हमारी जिम्मेदारी संस्था व जिला विधिक प्राधिकरण सोनी त के संयुक्त तत्वाधन में एक अभियान भी चलाया जा रहा है

उन्होंने कहा कि इसके लिये जिला शिक्षा अधिकारी अ ने विभाग दवारा निर्देश जारी करेंगे इसी दौरान जिला शिक्षा अधिकारी जिले सिंह ने सभी को अ ने जीव धर्म को निभाने व प्रकृति द्वारा दिए गये बहमूल्य जल के संरक्षण र विशेष घ्यान देने का आग्रह किया और सभी प्रतिभगियों को अ ने अ ने संस्थान में य्वा शिक्षार्थियों को एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिये र्यावरण र भी काम करने के लिये प्रेरित किया इस मौके र यम्नानगर में भी जन स्वास्थ्य विभाग की ओर से जल संरक्षण जागरूक्ता रैली निकाली गई जिसे जिला उप्राय्क्त आमना तस्मीन ने रवाना किया

सोनी त की जिला मैजिस्ट्रेट डॉ शालीन ने बताया कि उन सभी रीक्षा केन्द्रों मे डूयटी मैजिस्ट्रेट की नि्यक्ति की गई जहां नवोदय विद्यालय के लिये यह रीक्षा हो रही है शहीदी दिवस के उ लक्ष्य में आज से ानी त में अखिल भारतीय फ्री स्टाईल ईनामी क्श्ती प्रतियोगिता श्रू हो गई हरियाणा खेल विभाग के निदेशक भूपेंद्र सिंह व जिले अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस मौके र विशेष रू से मौजूद रहे राष्ट्रीय स्तर की इस फ्री स्टाईल ईनामी कृश्ती प्रतियोगिता में प्रथम रस्कार के रू में एक करोड़ रू ये का ्रस्कार दिया जायेगा

विस्फोट में वेल्डिंग की द्रकान भी प्री तरह ध्वस्त हो गई इस हादसे मे मौके प्र मौजूद तन लोग भी गंभीर रू से घायल ह्ये है जिन्हे उ चार के लिये नज़दीक के अस् ताल में दाखिल कराया गया हरियाणा में आज तीन अलग अलग सड़क द्र्घटनाओं में चार लोग मारेगये और दो गंभीर रू से घायल हो गये भिवानी से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में हुई दो सड़क दुर्घटनाओं मे दो लोगों की मौत हो गई जानकारी के अन्सार गांव खरक के नज़दीक सड़क द्र्घटना में दो अज्ञातलोगों की मौत हो गई घटना की जानकारी मिलने के बाद प्लिस मौके र हंची और शवों को कब्जे मे लेकर ोस्टमार्टम के लिये सामान्य अस् ताल हंचाया वही लोहारू रोड स्थित बालाली कालेज के समी क्संभी मोड़ र एक अज्ञात व्यक्ति सड़क द्र्घटना में गंभीर रू से घायल हो गया उसे उप्रचार के लिये सामान्य अस्पताल भर्ती कराया गया है रोहतक गेट र भी एक व्यकित सड़क द्र्घटन में घायल हो गया उसे भी उ चार के लिये सामान्य अस् ताल में भर्ती किया गया है उधर आज स्बह हिसार के गांव चक्क्नवास में हई सड़क द्र्घटना में साईकल सवार दो य्वकों की मौते हो गई